ग्रीन ज़ोन वाले जिलों में मिलेगी राहत

स्वस्थ होने वालों का आंकड़ा भी बढ़ा

ग़ह मंत्रालय ने आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत लॉकडाउन की अवधि बढाने का आदेश जारी कर दिया है

लेकिन ऑरेंज और ग्रीन जोन में थोड़ी रियायत दी जाएगी हालांकि इस दौरान बस रेल और हवाई यातायात सेवाएं श्रू नहीं की जाएंगी इससे पहले कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाईलेवल मीटिंग बुलाई थी ये करीब ढाई घंटे चली प्रदेश जोन केंद्र सरकार ने मध्यप्रदेश में कोरोना वायरस के रेड ऑरेंज और ग्रीन जोन वाले जिलों की सूची जारी कर दी है

हालांकि ग्वालियर को रेड जोन में रखे जाने को लेकर गफलत की स्थिति भी बन गई है इस मामले में म्ख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एसके वर्मा ने कहा की ग्वालियर का नाम त्र्टिवश रेड जोन में शामिल हो गया है

नासिक से लखनऊ के बीच दूसरी स्पेशल ट्रेन भी चल रही है

गौरतलब है कि रेल मंत्रालय ने पूर्णबंदी के कारण विभिन्न राज्यों में फंसे कामगारों तीर्थ यात्रियों पर्यटकों विदयार्थियों और अन्य लोगों के लिए से श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियां चलाने का फैसला किया है ये रेलगाड़ियां दो राज्य सरकारों के अनुरोध पर केवल गंतव्य स्थान पर ही रुकेंगी इन रेलगाड़ियों के सहज संचालन के लिए नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी यात्रियों को संक्रमण म्क्त की गईं बसों से स्टेशन लाकर जांच की जाएगी यात्रा के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा इन यात्रियों को भेजने वाली सरकार भोजन और पानी मुहैया कराएगी गंतव्य स्टेशन पर भी यात्रियों की जांच और संगरोध की व्यवस्था की जाएगी

उन्होंने बताया कि अब शेष बचे एक लाख से अधिक मजदुरों को ट्रेन के माध्यम से मध्यप्रदेश वापस लाया जाएगा

इंदौर जिले में कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है

कोरोना राहत इंदौर में कोरोना संक्रमित मरीजों की बढ़ती संख्या के बीच लोगों के स्वस्थ होने का सिलसिला भी जारी है

कोरोना संकट के इस दौर में किसानों के लिए यह अभी तक की सबसे बड़ी सहायता है